इस दौरान राष्ट्रपति ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर कल कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना क्रियान्वित करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी वर्षा जल संचय अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्टा करें

जनसहयोग से गांव गांव में यह आंदोलन चलाया जाएगा ताकि बारिश के पानी का उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित हो और भूजल का स्तर बना रहे इस कार्यक्रम के बाद जल और जल संरक्षण पर विचार के लिए चुनाव वाले राज्यों को छोडकर बाकी के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा बुलाई जाएगी जिसमें ग्राम सभाएं जल संरक्षण के लिए जल शपथ लेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल स्थित बांकुरा जिले के तिलाबैद्या मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूर्वी मेदिनीपुर जिले के इगरा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान जारी रखा है बाघमुंडी विधानसभा में एनडीए की ओर से आजसू पार्टी को मिली सीट में आजसू प्रत्याशी आश्तोष महतो अपना भाग्य आजमा रहे हैं आशुतोष महतो के समर्थन में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो मानभूम इलाके में चुनावी सभाएं आयोजित कर रहे हैं

इनमें सतहतर लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें पहली डोज लगायी गयी है वहीं अडतालीस लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले अग्रणी कार्यकर्ताओं में अस्सी लाख से ज्यादा को पहली डोज और पचीस लाख से ज्यादा को दूसरी डोज मिल चुकी है अब तक साठ वर्ष से अधिक उम्र के एक करोड़ उनहत्तर लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाये जा चुके हैं विभिन्न रोगों से ग्रसित पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के करीब पैंतीस लाख लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल सोलह लाख बारह हजार से ज्यादा लोगों को टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग ने कल से पूरे राज्य में पंचायत स्तर तक कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत राज्य के लगभग आठ सौ पंचायतों में टीकाकरण शुरू किया गया है इस अभियान के तहत कल एक दिन में रिकॉर्ड एक लाख बीस हजार पांच सौ अट्ठाईस लोगों को टीके का पहला डोज दिया गया प्रदेश में अब तक का एक ही दिन में किया गया यह सबसे बड़ा टीकाकरण है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल एक लाख तैंतालीस हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसका चौरासी प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया कल हुए टीकाकरण अभियान में साठ वर्ष से अधिक आयु के निन्यानब्बे हजार तीस बुजूर्गों ने टीका लिया वहीं पैतालीस से उनसठ वर्ष के सोलह हजार छह सौ पचासी लोगों ने भी टीका लिया दूसरी ओर चार हजार आठ सौ तेरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी कार्यकर्ताओ को भी टीका लगाया गया

इसके लिए सभी जिलों की पंचायतों में टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है कोडरमा जिले के मरकच्चो स्वास्थ्य केन्द्र में आज एक सौ सात वर्ष की एक महिला को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ एबी प्रसाद ने बताया कि महिला मकिना खातून मरकच्चो प्रखंड के भोजपुर गांव की रहने वाली है टीकाकरण के बाद लगभग आधे घंटे तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था वैक्सीन लेने के बाद महिला का स्वास्थ्य सामान्य है धनबाद जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएफएमटी के फंड से चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति करेगा

आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सकेगा उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा का उल्लेख किया नगर वन योजना के पहले चरण में दो सौ शहरों में नगर वन विकसित किए जाएंगे

भारत ने सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है

इन केन्द्रों के माध्यम से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए चिकित्सा और देखभाल सुविधाएं प्रदान की जायेंगी यहां आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा भी मुहैया कराई जायेंगी साहिबगंज में विश्व वानिकी दिवस और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत साहिबगंज कॉलेज के नंदन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि पूरे विश्व में नदी के किनारे ही सभ्यताओं का विकास है भारतवर्ष में भी गंगा नदी के किनारे सभ्यता का विकास हआ है गंगा नदी को संरक्षित करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है

चाईबासा में सरकार के नए कार्यक्रमों के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

किसानों को संबोधित करते हए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों को लेना चाहिए और अपने उत्पादनों को बढ़ाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए मौके पर सांसद गीता कोड़ा ने जहां किसानों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने की बात कही वहीं विधायक दीपक बिरुवा ने किसानों के लिए और भी सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गुमला जिले के बसिया प्रखंड क्षेत्र स्थित कोनबीर गांव में झालसा रांची की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया गुमला के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संजय कुमार चंधरियावी के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में पीएलबी जोसेफ किंडो के द्वारा डायन प्रतिषेध अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की गई उन्होंने बताया कि डायन जैसी सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए डायन प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया लेकिन अब भी पिछड़े इलाकों में अक्सर इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं जो दुखद है उन्होंने डायन प्रतिषेध अधिनियम पर चर्चा करते हुए कहा कि इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यो से किसी महिला को डायन होने का आरोप लगाता है किसी को ऐसा बोलने के लिए उकसाता है या शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो आरोपी को जेल की सजा के साथ ही आर्थिक रूप से भी जुर्माना भरना पड़ेगा

इस क्रम में कोबरा के जवान कांची नदी के पानी से कचड़ों को साफ किया बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण आने जाने वाले राहगीर और बड़े छोटे वाहनों के यात्री नदियों में कूड़े कचरे फेंकते हैं जिसके कारण कांची नदी में गंदगी जमा होता है